कल नई दिल्ली में उनसे मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गो के निर्माण व अन्य मार्गो की मुरम्मत का मामला उठाए जाने पर उन्होंने ये निर्देश दिए हैं नितिन गडकरी ने परवाण सोलन फोरलेन का निर्माण कार्य अगले साल मार्च तक पूरा करने और समदो काजा ग्राम्फू सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने को मंजूरी दी है इस बीच मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में मंडी में हवाई हडडे के निर्माण कार्य का मामला उठाने के अलावा पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे अधिसूचना राज्य सरकार ने प्रदेश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी है सरकार ने इस संबंध में कल अधिसुचना जारी कर दी है जिसके तहत हिमाचल से आठवी दसवी और बारहवीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है ये नियम सरकारी उपकमों निगमों बोर्डो और स्वायत्त निकायों पर लागू होंगे ये नियम हिमाचल के स्थाई निवासियों पर लागू नहीं होगें सरकार ने ततीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती संबंध सभी विभापन रदद कर दिए हैं जिनके तहत अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं इन श्रेणियों के पदों के लिए नए नियमों के तहत दोबारा विज्ञापन होंगे आउटलेट ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उगाई जाने वाली जैविक सब्जियों को बेचने के लिए शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में विशेष आउटलेट शुरू किया गया है

राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की रोवर्स एंड रेंजर्स इकाई द्वारा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला बास्केटबाल प्रतियोगिता में कल युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने रोवर्स एंड रेंजर्स इकाई द्वारा नशे के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की सराहना की अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया संबंधी बदलाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश में तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रकिया रदद सैंकड़ों पदों के लिए नए सिरे से होंगे आवेदन दैनिक जागरण के शब्द हैं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेक्चरर व जेओए भर्ती प्रक्रिया भी रोकी दैनिक भास्कर लिखता है लोक सेवा कर्मचारी चयन आयोग के खाली पदों के लिए आए आवेदन रद्द हिमाचल दस्तक का कहना है गैर हिमाचली रोकने को स्कूल लेक्चरर भर्ती रदद अजीत समाचार के मुताबिक गैर हिमाचलियों को सर्शत नौकरी देने संबंधी अधिसूचना जारी

अजीत समाचार ने लिखा है जयराम ने की केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात पटवारी परीक्षा पर अमर उजाला ने खबर दी है परीक्षा से पहले आंसर की का आया वीडियो वायरल उठ रहे सवाल

दैनिक भास्कर की एक खबर है रेगुलेटरी कमीशन में विवाद चेयरमेन और मेंबर में बांटा छह छह जिलों का काम सोलन के जवान की शहादत से जुड़ी खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सियाचिन में हुए हिमस्खलन में कुनिहार का जवान शहीद